आरंभ में मतदान काफी धीमा रहा लेकिन जैसे जैसे दिन ैआगे बढ़ता गया वैसे वैसे मतदान में तेजी आती गई

इस उपचुनाव में युवा मतदाताओं में वोट डालने को लेकर खासा उत्साह देखा गया पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में अनेक मतदान केंद्रों पर लोग अपनी परंपरागत वेशभूषा में वोट डालने के लिए पहंचे मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान के लिए दोनों विधानसभा क्षेत्रो में दो सौ दो मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे

इसी के साथ धर्मशाला में सात और पच्छाद में पांच उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया है दोनों ही स्थानों पर मुख्य मुकाबला सत्तारूढ भाजपा और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए उपयुक्त वातावरण जरूरी है राज्यपाल आज सरस्वती विद्या मंदिर स्कूलों के शिमला में आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय ज्ञान विज्ञान मेले के समापन अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि जैसी संगति और संस्कार मिलते हैं बच्चे वैसे ही बनते हैं उन्होंने कहा कि आज विज्ञान का यूग है और शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र है जहां वैज्ञानिक शोघ के साथ नवीन तकनीक का सदपयोग न हो रहा हो इसलिए विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच पैदा करना जरूरी है इससे भावी पीढ़ी वैश्विक प्रतिस्पर्धा के साथ साथ वैज्ञानिक शोध का लाभ भी उठा सकेगी उन्होंने कहा कि विज्ञान और संस्कृति दोनों का जीवन में समन्वय होना चाहिए राज्यपाल ने कहा कि विज्ञान का इस्तेमाल उन्नति और प्रगति के लिए होना चाहिए न कि विध्वंस के लिए उन्होंने राज्य में शिक्षा के प्रचार प्रसार में हिमाचल शिक्षा समिति के प्रयासों की भी सराहना की स्मृति दिवस राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आज शिमला के भराड़ी में एक समारोह में कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने प्राणों की आहृति देने वाले पुलिस के अमर शहीदों को श्रद्वांजलि दी गई श्रद्वांजलि समरोह की अध्यक्षता प्रदेश के पुलिस महानिदेशक एस आर मरड़ी ने की और शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी गई मरडी ने इस दौरान प्रे वर्ष भर में देश भर में शहीद हए जवानों के नामों का समरण किया उन्होंने इस मौके पर पुलिस कर्मियों के नाम राज्यपाल का संदेश भी पढ़कर सुनाया राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की ओर से उनके एडीसी मोहित चावला जबकि मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की और से उनके विशेष सचिव डीसीराणा ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी प्रदेश पुलिस के इतिहास में पहली बार इस मौके पर आयोजित परेड पुर्ण रूप से महिला पुलिस कर्मियों द्वारा सम्पन्न की गई जिला मुख्यालयों और बटालियनों में भी इसी प्रकार के श्रद्वांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया डीसी हमीरपुर समर्थ अभियान के तहत हमीरपुर में आज कॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया इस दौड़ को उपायुक्त हरिकेश मीणा ने हरि झण्डी दिखाकर रवाना किया

लड़कियों के जूनियर वर्ग में कशिश पहलें इशिता दूसरे और शैफाली तीसरे जबकि लडकियों के सीनियर वर्ग में रिचा पहले शशि दसरे और निशा तीसरे स्थान पर रही लडकों के जनियर वर्ग में यशपाल पहले विशाल दूसरे और दीपक तीसरे जबकि सीनियर वर्ग में दीपक पहले साहिल दूसरे और रोहित तीसरे स्थान पर रहे इस दौड़ का आयोजन लोगों को आपदा प्रदंधन और इससे सुरक्षा तथा बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करने के लिए किया गया मौसम प्रदेश वासियों को कल से एक बार फिर खराब मौसम का सामना करना पड़ सकता है मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमानों में कहा गया है कि हिमालय क्षेत्र में ताजा पश्चिमी विक्षोम सकिय हो रहा है

इससे तापमान में और गिरावट आएगी इस बीच जनजातीय जिला लाहौल स्पिति में बीते दिनों उंची चोटियों पर हुई बर्फबारी के बाद पूरे जिला में अमी से लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है